प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मथुरा से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की श्रूआत की हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निजी व्यापारी द्र्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन बनाते हये मजबूत और नये भारत की ओर बढ़ रही है उन्होंने कहा कि पर्यावरण और पश्धन भारत की आर्थिक विचारधारा का हमेशा से महत्वपूर्ण हिस्सा रहे है आज दोपहर बाद मथुरा में अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत करते हये श्रीमोदी ने कहा कि स्वच्द भारत जल जीवन मिशन और खेती व पशुपालन से सम्बंधित अन्य योजनायें इसी विचारधारा को दर्शाती है उन्होंने कहा कि पशुपालन और इससे सम्बधित व्यापारी की किसानों की आय बढ़ाने में कहत बड़ी भूमिका है

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में सरकार ने कृषि से जुड़े अन्य विकल्पों पर न्या दृष्टिकोण अपनाया है

उनहोंने कहा कि स्टार्टअप ग्राउंड चैलेंज शुरू किया गया है ताकि ग्रामीण समाज से नवाचार से सम्बधित विचार सामने आ सकें प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया है कि वे इसी वर्ष दो अक्तूबर से अपने घर कार्यालय और काम करने के स्थानों से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें उन्होंने गांवों में काम कर रहे स्वय सहायता समूह सामाजिक संगठन यूवा संगठन महिला मंडलियों कल्ब स्कूलों कालेजों और सरकारी व निजी संस्थानों से इस अभियान मे हिस्सा लेने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने आज मथुरा में राष्ट्रीय पशुराम नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की इसका उद्देश्य पशुओं में मुंह खुर और बूसे लेसिस जैसी बीमारियों का उन्मूल्न करना है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पशुओं के लिए राष्ट्रीय कूत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और बाबूगढ़ वीर्य केन्द्र की भी शुरूआत की मथुरा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरूआत करते हये सिंगल यूज प्लास्टिक करने की जरूरत पर बल दिया इस से पहले श्री मोदी दीन दयाल उपाध्याय पशु खत्म आरोग्य मेला देखने गये

यह किसी भी राष्ट्र की सीमा में बंधा हुआ नहीं है

यह वही दिन था जब स्वामी विवेकानद्र ने विश्व शांति का संदेश दिया था उन्होंने कहा कि एक शताब्दी पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में सितम्बर के दिन विश्व शांति पर ऐतिहासिक भाष्ण दिया था दुर्भाग्य से इसी दिन अमरीका में आंतकी हमले हये जिससे पूरी द्वनिया कांप उठी थी केन्द्र सरकार ने पी के मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानसचिव के रूप में निय्क्त किया है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने डा पी के मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी वह वर्तमान में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत थे श्री मिश्रा ने नृपेंद्र मिश्रा की जगह ली है जिनहोंने पिछले महीने के प्रधान सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था उल्लेखनीय है कि श्री पी के मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय मे विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप मे कार्य कर रहे थे

इस मौके पर एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ जीएसटी के लिए पंजीकृत छोटे एवं सीमांत व्यापारियो को मिलेग उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारी को पांच लाख का बीमा मिलेगा और बीमे की किश्तों की सारी अदायगी सरकार द्वारा की जायेगी उन्होनें कहा कि इससे लगभग पौने पांच लाख व्यापारियों को लाभ मिलेगा

उन्होंने कहा कि इसके लिए एक बीमा कंपनी से अन्बंध किया जा चुका है

इस मौकेपर मुख्यमंत्री ने कई पंजीकृत व्यापारियों को मुख्यमंत्री दर्घटना बीमा योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित किए

आज चंडीगढ में एक पत्रकार वार्ता में यह घोषणा करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग केन्द्र द्वारा तय नियमों के अनुसार केन्द्र और राज्य की भागीदारी से चलने वाली योजनाके तहत नहीं आयेंगे उनका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बाल गडरिया समजा के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा भी की उन्होंने कहा कि बाल गडरिया सांसी समूदाय की उप जाति है और उन्हें पिछड़ी जाति में रखा गया था जबकि सांसी समुदाय अनुसूचित जाति में शामिल है मुख्यमंत्री ने मनोहर ज्योति योजना लागू करने की घोषणा करते हुये कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत खेतो में दो किलोमीटर तक के दायरे में बनी ढानियों को बिजली आपूर्ति की सुविधा देने का फैसला किया है

मुख्यमंत्री ने गांव हेत् शहरों के सफाई कर्मचारियो के वेतनमान के वृद्वि की घोषणा भी की